राष्ट्रपति संबोधन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा की न्याय स्वतंत्रता समता और बंध्ता हमारे लोकतंत्र का आधार हैं

जबलप्र में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के म्ख्य आयोजन को लेकर फ्ल ड्रेस रिहर्सल कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया

आइआइएमसी प्रशिक्षण आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर ने भारतीय जन संचार संस्थान में भारतीय सूचना सेवा ग्रुप ए के प्रशिक्षु अधिकारियों के नए बैच के स्वागत समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा कि अगर आप एक काबिल अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको प्रशासन से ज्ड़े सभी नियमों को सीखना चाहिए तथा एक अफसर की तरह नहीं बल्कि एक कम्य्निकेटर की तरह लोगों से संवाद करना चाहिए कार्यक्रम में आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो संजय द्विवेदी दूरदर्शन न्यूज़ के महानिदेशक मयंक क्मार अग्रवाल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की महानिदेशक स्श्री मोनी दीपा म्खर्जी एवं पत्र सूचना कार्यालय में महानिदेशक श्रीमती वस्धा ग्प्ता भी मौजूद थे श्री भटनागर ने कहा कि आप किसी भी सेवा क्षेत्र में जाएं ये महत्वप्र्ण होता है कि आप कार्य को किस तरह करते हैं इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने कार्य का विश्लेषण करें तथा रणनीति बनाएं

आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने स्वच्छ्ता आंदोलन जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियानों में बच्चों की भूमिका की सराहना की

इनमें इंदौर की पलक शर्मा और हरदा के अन्ज जैन भी शामिल हैं

उन्होंने देशवासियों से इस कीमती अधिकार का सम्मान करने का आहवान किया राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि आम तौर से लोग उन उपलब्धियों का मूल्य नहीं समझते जो उन्हें आसानी से मिल जाती हैं इस मौके पर केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई एपिक कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की

इस अवसर पर सरकारी दफ्तरों में जिला अधिकारियों द्वारा सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस द्वारा मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में म्ख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने अधिकारियों कर्मचारियों को निर्वाचन में मताधिकार का प्रयोग करने की शपथ दिलाई सभी जिला मुख्यालयों पर जिला अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को शपथ दिलाई गई

सतनाहोशंगाबाद और म्रैना सहित विभिन्न जिलों में भी अनेक आयोजन हए

प्लिस महानिदेशक विवेक जौहरी ने तीन दिवसीय प्रतियोगिता का श्भारंभ किया